इंदौर में कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या के मददेदनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है वहां आज से पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है जिसके चलते वहां आवश्यक खाद्य पदार्थ दूध फल सब्जी और राशन द्कानें सहित सभी द्कानें पूरी तरह से बंद हैं

स्वास्थ्य आयुक्त प्रतीक हजेला ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि क्योरेंटाइन किए गए सभी संभावित मरीज और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इस एप पर रजिस्टर कर उनकी प्रतिदिन मानिटरिंग सुनिश्चित की जाए इस एप में होम क्योरेंटाइन व्यक्ति की यूजर आईडी बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा एप से व्यक्ति की जियो मैपिंग होगी और उसकी गतिविधियाँ भी चिन्हित की जा सकेंगी प्रभावित व्यक्तियों की हेल्थ रिपोर्टिंग भी सार्थक एप से स्निश्चित की जा सकेगी प्रधानमंत्री योग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ट्वीटर पर अपने योगाभ्यास के वीडियो साझा किए श्री मोदी ने कहा कि योगाभ्यास अनेक वर्ष से उनके जीवन का आंतरिक अंग रहा है और यह बहत लाभप्रद साबित हआ है प्रधानमंत्री ने आशा प्रकट की कि प्रत्येक व्यक्ति नियमित रूप से योगाभ्यास श्रू करेगा भाजपा निर्देश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की राज्य इकाइयों से लोकडाउन के दौरान अपने अपने राज्यों में दैनिक मजद्रों और प्रवासी श्रमिकों की मदद करने का निर्देश दिया है श्री नड्डा कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच निर्धनों की मदद के लिए पार्टी के प्रयासों की निगरानी कर रहे हैं तथा ऑडियो और वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से भाजपा नेताओं के साथ रोजाना बैठकें कर रहे हैं